राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलों की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्माणाधीन अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल अटल जी के सपनों की टनल है और इसे बनाने में केन्द्र की मोदी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है

उन्होंने कहा कि इस टनल से लाहौल स्पीति ज़िले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही किसानों व बागवानों के उत्पाद मंडियों तक समय पर पहुंचाने में भी मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने अटल टनल रोहतांग परियोजना के मुख्यालय में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और टनल को जल्द अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश भी दिए सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर केपी पुरूषोथमन ने मुख्यमंत्री को परियोजना का कार्य समयबद्ध प्ररा करने का आश्वासन दिया इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे

इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति कोरोना महामारी के कारण प्रभावित न हो इसके लिए प्रदेश में ऑनलाइन आधारशिला व उद्घाटन करने का निर्णय लिया गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी ताकि लोगों को जल्द इन परियोजनाओं का लाभ मिल सके इस मौके पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली क्षेत्र के लिए करोड़ रूपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया

बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि मनुष्य के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज उन्होंने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रसिद्ध खेल हस्तियों से बातचीत की राज्यपाल ने कहा कि खेल गतिविधियां अब केवल खेल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में भी सहायक साबित हो रही है उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की गई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया फिट इंडिया पर बल दिया है इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साईना नेहवाल के साथ भी दूरभाष के माध्यम से बातचीत की और प्रदेश में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने का आग्रह किया

सुरेश भारद्वाज ने नागरिक अस्पताल सुन्नी में पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया और अस्पताल में मरीजों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है

धर्मशाला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक अहम निर्णय लिए गए हैं राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से देश की एकता व अखंडता और पार्टी की मज़बूती के लिए एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया है

राठौर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है राठौर ने ये भी कहा कि पिछले लगभग डेढ़ साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की है

ये बात आज उन्होंने चुराह विधानसभा क्षेत्र के देवीकोठी में योजना के लाभार्थियों को एफडीआर वितरित करने के बाद कही

हंसराज ने ये भी कहा कि देवीकोठी को धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा पौधरोपण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों के साथ लगते क्षेत्रों में लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज किन्नौर ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ज़िले के सांगला सहित अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए कानूनी जागरूकता और वृक्षारोपण अभियान चलाया